उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोविड नाइन्टीन का संक्रमण नियंत्रण में है उन्होंने कहा कि अनलॉक के दौरान राज्य में कई गतिविधियां फिर से शुरू हुई हैं इसलिए अभी सावधान रहने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय छोटी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है श्री योगी आज लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने पिछले दो दिनों के दौरान चार मंडलों बस्ती गोरखपुर आजमगढ और वाराणसी के अपने दौरे का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के प्रकोप से निपटने के लिए प्रदेश में चिकित्सा सुविघाएं बेहतर की गयी हैं समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को राहत पहंचायी गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पडा है और सरकार के प्रति जनता का भरोसा और सुदृढ हआ है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए विशेष आर्थिक पैकेज का अधिकतम लाभ लोगों तक पहचाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाए श्री योगी ने कृषि व संबंधित क्षेत्रों एमएसएमई इकाइयों तथा बड़े उद्योगों में रोजगार की सभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी दौरे पर पहंचे उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा का श्भारम्भ किया यह व्यवस्था शुरू हो जाने के बाद श्रद्वाल ऑनलाइन माध्यम से मंदिर में अनुष्ठान करा सकेंगे श्री योगी ने मंदिर परिसर में ही अधिकारियों से निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने मण्डलीय चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया यहां उन्होंने कोविड नाइन्टीन ट् नेट लैब का उदघाटन किया मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी के सम्बंध में समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मृत्य दर काफी कम है लेकिन इसका संक्रमण काफी अधिक है जिससे लोगों में भय बना हआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्साकर्मी अपनी कार्य पद्वति से लोगों के मन से इस भय को दूर करें उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी हाल में संक्रमण का सामुदायिक प्रसार न हो मुख्यमंत्री ने कन्टेनमेंट जोन में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ भी पहंचे जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और टू नेट मशीन से कोरोना जांच की स्थिति का जायजा लिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए एक लाख करोड रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है इसमें से इकत्तीस हजार चार सौ तिरान्नबे करोड रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में इस मद के लिए अनुमान के पचास प्रतिशत से अधिक है अब तक कल साठ करोड अस्सी लाख दिवस का रोजगार सजित किया गया है और छ करोड उन्हत्तर लाख कामगारों को काम दिया गया है इस वर्ष मई में जिन लोगों को काम दिया गया था उनर्को औसत संख्या दो करोड़ इक्यावन लाख प्रतिदिन है यह पिछले साल मई में दिए गए काम से तिहत्तर प्रतिशत अधिक है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि मनरेगा का बजट बढाया गया है

अब मनरेगा का जो कुल बजट है एक ताख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपया है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ की राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण का प्रसार एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने यात्रा की हो और साथ ही वह संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को आज से श्रद्वाल्ओं के लिए खोल दिया गया मंदिर में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं बिना मास्क के श्रद्वालओं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है मंदिर में एक समय में केवल पांच लोग ही उपस्थित रह सकते हैं श्रद्वालू मंदिर परिसर में प्रतिमाओं घंटों या अन्य किसी वस्तु को नहीं छ सकते उधर वाराणसी का प्रसिद्व संकटमोचन मंदिर अभी नहीं खुला है मंदिर के महत विश्वम्भर नाथ मिश्र ने बताया कि जल्द ही मंदिर ख्लने की तिथि की घोषणा की जाएगी